राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से आज सुबह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयोजित विदाई समारोह में श्री महान्ति ने कहा कि एक साल के अन्दर ई कोर्ट ई फाइलिंग ई डिसिजन सहित सभी न्यायिक कार्य ऑनलाईन किये जाने के प्रयास किये जायेंगे उन्होंने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि हैरिटेज भवन में जिला न्यायालय के स्थानान्तरण के प्रयास किये जायेंगे इससे पहले वकीलों के दोनो संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों को स्मृति चिह्न भेंट कर आभार प्रकट किया

परिणाम शाम तक आने की उम्मीद है पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के स्थापना दिवस पर कल सार्क सचिवालय को भेजे गए पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि एकजुट प्रयासों से संगठन की मजबूती को बल मिलेगा पाकिस्तान का नाम लिये बिना श्री मोदी ने कहा कि सार्क देशों के बीच अधिक सहयोग के भारत के प्रयासों को आतंकवादी गतिविधियों से लगातार चुनौती भिलती रही है ऐसे में संगठन की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए साझा प्रयास जरूरी है गौरतलब है कि सार्क स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष आठ दिसम्बर को मनाया जाता है इसी दिन सार्क समूह के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये गए थे

इस उप समिति में ऊर्जा मंत्री बुलाकी दास कल्ला कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया सूचना और जनसम्पर्क मंत्री डॉ रघू शर्मा अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद महिला और बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश खेल और यूवा मामले राज्यमंत्री अशोक चांदना तथा सूचना और जनसम्पर्क राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग को शामिल किया गया है डॉ रघु शर्मा इस उप समिति के संयोजक होंगे

श्री सिंह ने कल मीडिया से कहा कि फिल्म में महाराजा सूरजमल को लेकर जिस तरीके से दर्शाया गया है वह गलत है और इसे लेकर पूरे जाट समाज में रोष व्याप्त है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इससे अवगत करा दिया गया है श्री सिंह ने कहा कि फिल्म से विवादित दृश्यों को हटाया जाये